केन्द्र ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म के लिये जारी किये नये दिशा निर्देश कहा भ्रामक खबरों के प्रसार पर लगाई जाये रोक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था पहले से काफी बेहतर है सुरक्षित वातावरण के कारण निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और बड़ी संख्या में लोग यहां निवेश करना चाहते हैं मुख्यमंत्री कल विधान परिषद में राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल के अमिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को ठीक करने तथा पूलिसिंग को बेहतर बनाने के लिये नये थाने और चौकियों की स्थापना की गई है

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में सरकारी विभागों में पारदर्शी तरीके से बिना मेदभाव नौकरियों में भर्ती की गई है

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन की दिशा में बेहतर तरीके से कार्य किया गया जिसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी तारीफ की उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बावजूद प्रदेश में कृषि स्वास्थ्य शिक्षा उद्योग सहित समी क्षेत्रों में प्रगति हुई है उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना संक्रमण के बावजूद श्रमिक गरीब किसान महिला युवा सहित समी वर्गो का ध्यान रखा मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्वता के साथ कोरोना से लड़ाई लड़ी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई राज्यों में कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों की संख्या को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिये प्रभावी व्यवस्था को बनाये रखा जाये इस संबंध में थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है मुख्यमंत्री कल लखनऊ में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड टेस्टिंग कार्य को पूरी क्षमता के साथ संचालित किया जाये मुख्यमंत्री ने कोरोना टीकाकरण अभियान भारत सरकार की गाइड लाइन और क्रम के अनुसार संचालित करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को संक्रमण के बारे में लगातार जागरूक किया जाये और कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये यह सुनिश्चित किया जाये कि हर दशा में लोग मास्क या फेसकवर का उपयोग करे तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की अट्ठाईस तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की चौहत्तरवीं कडी में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाक्रमों को साझा करने का आग्रह किया उन्होंने जनवरी मे मन की बात कार्यक्रम में कला संस्कृति पर्यटन और कृषि नवाचार से लेकर विविध विषयों पर प्रकाश डाला था लोग नमो ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं केंद्र ने ओवर द टॉप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता की घोषणा की कल नई दिल्ली में संचार और सूचना प्रौदयोगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मीडिया को बताया कि इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायतों से निपटान के लिए मुख्य अन्पालन अधिकारी नोडल संपर्क व्यक्ति और एक रेजिडेंट शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा श्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि अब सोशल मीडिया प्लेटफार्मो को आपत्तिजनक सामग्री के पहले प्रवर्तक का खुलासा करना होगा श्री प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग को लेकर विमिन्न चिंताए सरकार के सामने आई हैं आपको ये बताना पड़ेगा कि खुराफात पहले किसने शुरू की उसको आपको जानकारी देनी पड़ेगी और ये सब उसी अपराध के बारे में होगा जहां पांच साल से अधिक की सजा है

बाकी उनका एक छिपिकल देश में एक्स होगा इसमें आज हम एक और प्राव्यान कर रहे हैं कि आपको एक वॉलेंट्री वेरीफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का इंतजाम करना पड़ेगा

द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मस्ट हेव अ प्रोविजन फॉर वॉलेट्री वेरीफिकेशन मैकेनिजम क्यॉकि आप मोबाइल से करते हैं बाकी से करते हैं आपको बताना पड़ेगा दो बातें कहूंगा कि अगर कोई अनलॉइली इनफोरमेशन आपके प्लेटफॉर्म पर है अगेन इट इज अ कोर्ट ऑर्डर और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डायरेक्स दैट र्ता आपके लॉ एंड ऑर्ज इंटीप्रेटी ऑफ इंडिया सॉक्टर्टी ऑफ इंडिया एसेट्रा एसेट्रा तो आपको उसको हटाना पड़ेगा सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ओटीटी और डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों के नियमन के लिए त्रिस्तरीय तंत्र की भी घोषणा की

न्यूज पोर्टल्स बन गए वैसे ही ओटीपी प्लेटफॉर्म आ गया लेकिन एक फर्क रहा कि जो आप लोग बैठे हैं प्रीटिंग प्रेस से जो आते हैं उनको प्रेस कार्यसित का कोड फॉलो करना पड़ता है लेकिन ऐसा डिजिटल मीडिया पोर्टल को कोई बंघन नहीं है उनको केबल नेटवर्क एक्ट में जो प्रोग्राम कोड है वो उनको फॉलो करना पड़ता है लेकिन ओटीपी प्लेटफॉर्मस को ऐसा कोई नियम नहीं है और इसलिए सरकार ने ये समझा कि एक लेवल प्ले पिंग फील्ड होना चाहिए और इसलिए बिजिटल हो प्रिटिंग हो टीवी हो ओटीटी हो कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में कोरोना के एक सौ इकत्तीस नये मामले आये जबकि इस दौरान एक सौ पैंतीस कोरोना मरीज ठीक हुए और अब तक पांच लाख बान्नबे हजार तीन सौ सत्ताईस लोग स्वस्थ्य हो गये तथा आठ हजार सात सौ तेईस लोगों की मौत हुई है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में कोरोना नमूनों की जांच का कार्य जारी है पिछले दस फरवरी से गुरूवार तक राज्य में फोकस सैम्पलिंग का अभियान चलाया गया जिसमें रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोगों फल सब्जी विक्रेता टेम्पों थ्री व्हीलर चालक सरकारी तथा निजी बस चालकों मिठाई की दुकानों पर काम करने वाले लोगों वृद्वा आश्रम नारी निकेतन तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों सहित अन्य वर्गो की जांच की गई प्रदेश में टीकाकरण का कार्य केन्द्र द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जा रहा है पहली मार्च से साठ वर्ष से अधिक आय के लोगों को कोविड वैक्सीन देना शुरू किया जायेगा एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की यह टीकाकरण अमियोन अप्रिम पांक्ति के कर्मचारियों के साथ साथ उन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी मॉप अप सत्र के तौर पर था जिनका टीकाकरण नहीं हुआ था इस दौरान दोनों ही तरह की के टीकॉ का इस्तेमाल किया गया और सभी लमार्थी पूरी तरीके से स्वस्थ और सुरक्षित हैं टीकाकरण के बाद लाभार्थियों के पंजीकृत मोबाइल में टीकाकरण पूरा होने के संदेश मिल गए

इस्लाम धर्म के चौथे खलीफा हजरत अली का जन्म दिन आज हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है